यह विधेयक संसद के बजट सत्र में पेश किया जायोग नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हये केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि गर्भ के चिकित्सीय अवसान के लिए दो डाक्टरों की अन्मति की आवश्यक्ता होगी इनमें से एक सरकारी डॉक्टर होना चाहिए

इस समय यह विधेयक राज्यसभा में लम्बित है इस संशोधन में होम्योपैथी शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक नियामक सुधार हो सकेंगे इससे आम लोगों के हितों की रक्षा के लिए जिम्मेदारी तय होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी

ये विधेयक भी राज्यसभा में लंम्बित था इस विधेयक के पारित होने से भारतीय चिकित्सा पद्वति सम्बधी शिक्षा के क्षेत्र में आवश्यक नियामक स्धार यकीनी बनाये जा सकेंगे ये आयोग देश के सभी हिस्सों मे किफायती स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ावा देगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि तरल प्राकृतिक गैस और बिजली भविष्य के ईंधन है क्योंकि वे कार्बन उत्सर्जन को कम करने में प्रभावी और उपयोगी है नई दिल्ली में परिवहन के लिए भविष्य के ईंधन पर आयोजित एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि पारम्परिक ईंधन से जैव ईंधन आधारित परिवहन सांधनों की और जाना समय की जरूरत है उन्होंने कहा कि लोगों को आने जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करना चाहिए मंत्री ने बताया कि दिल्ली म्म्बई म्ख्य राजमार्ग पर उनका मंत्रालय इलैक्ट्रोनिक वाहनों के लिए मुलभुत ढांचे को गति देने के लिए चार्जिंग स्टेशन और एलएनजी स्टेशन मे पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करेगा उन्होंने कहा कि ईैलक्ट्रोनिक वाहनों के लिए उपयुक्त तकनीक का चयन किया जाना आवश्यक है

प्रख्यात बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है उनको पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरूण की उपस्थिति में पार्टी में शामिल किया गया

काबिलेगौर है कि सायना नेहवाल की बड़ी बहन चंद्रानश् नेहवाल भी बीजेपी में शामिल हो गई है पार्टी में शामिल होने के बाद मूलत हरियाणा से सम्बध रखने वाली सायना नेहवाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हये कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ काम करना उनके लिये सम्मान की बात की वे देश की भलाई के लिए अथक कार्य कर रहे है इस मौके पर सायना नेहवाल और उनकी वहन ने पार्टी अध्यक्ष जे पी नड्डा से भी मुलाकात की

इस सम्बध में अधिसूचना जारी कर दी गई है हरियाणा के प्रदेश के ऊर्जा एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह ने कहा है कि प्रदेश में जेलों में स्धार के लिए कई कदम उठाये जायेंगे जिनकी घोषणा मुख्यमंत्री कल मंत्रिमंडल में बैठक के बाद कर सकते है उन्होंने कहा कि जेल के अधिकारियों के साथ की गई बैठक की गई

सिरसा में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इन स्झावों की रिपोर्ट तैयार कर म्ख्यमंत्री को सौंप दी गई है अब म्ख्यमंत्री इस पर अपना फैसला लेंगे उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री के निर्देश अन्सार प्रशासन को लगातार च्स्त द्रस्त करने के लिए काम किया जा रहा है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कैदियों को सजा में रखने की बजाय सुधारने पर जोर देने का प्रयास कर रही है

उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में सभी पेयजल कनेक्शनों को रेग्लराइज किया जायेगा यानि फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे

कैथल में हैफेड कार्यालय में सम्बोधित करते हये उन्होंने कहा कि हैफेड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के बायोमैट्टिक उपस्थिति प्रणाली सभी गोदामों एवं कार्यालयों में शुरू की जाएगी उन्होंने कहा कि हैफेड दवारा वीटा व खादी बोर्ड के उत्पादों की बिक्री को भी बढ़ाया जाएगा श्री कत्याल जिला प्रबंधक के कार्यालय में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति की भी जांच की